इस दौरान कांग्रेस सदस्य डॉ गोविंद सिंह और रामनिवास रावत ने सरकार पर जनता की गाढ़ी कमाई का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया प्रश्नकाल के दौरान डॉ गोविंद सिंह ने पूछा कि क्या किसी धार्मिक यात्रा के लिये शासन की राशि खर्च करने का प्रावधान संविधान में है इसके जबाव में योजना एवं सांख्यिकी मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि यात्रा का आयोजन का काम जन अभियान परिषद को नियमानुसार दिया गया था इस पर मंत्री और कांग्रेस विधायकों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गये बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी गौर भाजपा के वरिष्ठ विधायक बाबूलाल गौर ने आज विधानसभा में भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजना में देरी पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार के पास मेट्रो लाने की इच्छाशक्ति नहीं है शून्यकाल के दौरान श्री गौर ने यह मुद्दा उठाया जिस पर अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने इस पर उनकी ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाने का आश्वासन दिया उपभोक्ता दिवस आज विश्व उपभोक्ता दिवस है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल हाट में आयोजित किया गया कार्यक्रम स्थल पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने विभिन्न शासकीय विमागों और स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है धार जिला मुख्यालय के आईटीआई कॉलेज में परिचर्चा और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया खंडवा में भी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया है पन्ना के कलेक्ट्रेट में उपमोक्ताओं को जागृत करने के उद्देश्य प्रदर्शनी लगाई गई है राज्य के अन्य जिलों में भी इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं नदी महोत्सव होशंगाबाद जिले के बांद्राभान में पंचम नदी महोत्सव कल से शुरू होगा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं नदी विकास मंत्री नितिन गड़करी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे

नदी महोत्सव में नदी संरक्षण और नदी पर चर्चा होगी सत्र में नदी किनारे की संस्कृति और समाज नदी कृषि और आजीविका का परस्पर संबंध नदी का अस्तित्व और जैव विविधिता तथा सहायक नदियों का संरक्षण नीतियाँ नियम और संभावनाओं पर विमर्श होगा

मावांतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश में भावांतर भूगतान योजना में लहसुन उत्पादकों के पंजीयन का कार्य आज से शुरू हो गया है

ये बीस जिले हैं नीमच रतलाम उज्जैन मन्दसौर इन्दौर सागर छिन्दवाड़ा शिवपुरी शाजापुर राजगढ़ छतरपुर आगर मालवा गुना धार देवास सीहोर रीवा सतना भोपाल और जबलपुर कर्मण अवार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में होशंगाबाद जिले की महिला कृषक अरूणा जोशी को कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान करेंगे यह अवार्ड उन्हें अधिकतम गेंहूँ उत्पादन के लिये दिया जायेगा

चैत्र नवरात्रि में लगने वाले मेले में दूर से दूर लोग आते हैं